ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहाने ने कल मंत्रालय में मंत्रि परिषद की बैठक शुरू होने के पहले मंत्रि मंडल के सदस्यों से कही उन्होंने कहा है कि बजट प्रावधानों का लाभ उठाकर आने वाले तीन वर्ष में मध्यप्रदेश की तस्वीर बदलना है मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय बजट में डीएफआई वित्तीय विकास संस्थान के गठन की घोषणा की गई है इससे राज्यों को राशि प्राप्त हो सकेगी

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पुरातत्व के क्षेत्र में नवीन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राशि सात नए टैक्सटाइल पार्क प्रारंभ करने सोलर पंप स्थापित करने के लिए सहायता और पर्यटन की योजना का भी लाभ लिया जाए निशंक सीबीएसई केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की दसवीं और बारहवीं की बोर्ड की परीक्षाएं चार मई से शुरू होंगी शिक्षामंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कल की तिथियों की घोषणा की

परीक्षा तिथियों की घोषणा करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि महत्वपूर्ण विषयों के बीच पर्याप्त अंतराल रखा गया है ताकि छात्रों को बिना तनाव के परीक्षाओं की तैयारी का समय मिल सके

शुटिंग पदक मध्यप्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी की प्रतिभावान खिलाड़ी मनीषा कीर ने दिल्ली से ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में भागीदारी करते हुए कुवैत में आयोजित फस्ट एशियन ऑनलाईन शूटिंग चैम्पियनशिप में देश को कांस्य पदक दिलाया

कुवैत शूटिंग फेडरेशन द्वारा फर्स्ट एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया चोर गिरोह सीहोर शहर में पिछले कई महीनों से हो रही महिलाओं के गले से चेन खींचने की वारदातों को अंजाम देने वाले एक सात सदस्यीय के शातिर गैंग को पकड़ने में पुलिस को कामयाबी मिली है

यह चोर गिरोह पिछले कई महीनों से सीहोर भोपाल शाजापुर और राजगढ़ समेत प्रदेश के कई जिलों में लगातार वारदातें कर रहा था मौसम प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है राजधानी भोपाल सहित कई स्थानों पर दिन में चमकदार धूप खिलने और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होने से सर्दी के तीखे तेवर कम हुए हैं वहीं प्रदेश के खंडवा मंडला सिवनी और मलाजखण्ड में शीतलहर का प्रभाव बना हुआ है ग्वालियर उज्जैन भोपाल संभाग में तापमान सामान्य तो वहीं शहडोल और जबलपुर संभाग में तापमान सामान्य से काफी कम रिकार्ड किया गया

मौसम केन्द्र के अनुसार तेज हवाएं न चलने और पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर सर्दी में कमी आ रही है मौसम केन्द्र के अनुसार प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर अब तापमान में कमिक बढ़ोतरी होती जाएगी